इसके अलावा दो राज्य मंत्रियों जी किशन रेड्डी और नित्यानंद राय ने भी गृह मंत्रालय में प्रभार संभाला केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज रक्षामंत्री का कार्यभार संभाला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 वहीं केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का कार्यभार संभाला बाबुल सुप्रियो ने भी इसी मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार संभाला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 उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा में विकास कभी भी बाधा नहीं रहा है प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि उनका मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि पर्यावरण की रक्षा और विकास साथ साथ हों केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी आज वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का कार्यभार संभाला जयराम केंद्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू करने के निर्णय पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है

मुख्यमंत्री ने सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पैंशन देने को ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि इसके तहत सभी दुकानदारों और परचून व्यापारियों को लाभ मिलेगा विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी केंद्रीय मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में जनहित में लिए गए फैसलों का स्वागत किया है एक बयान में उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक निर्णय भविष्य में आम लोगों के लिए मील पत्थर साबित होंगे बिंदल ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है कांग्रेस बैठक कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी पार्टी के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों की आज दिल्ली में हुई बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की फिर से नेता चुनी गई हैं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 संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि संसद के आगामी अधिवेशन के लिए पार्टी की रणनीति तैयार करेंगे इस बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुने जाने पर बधाई दी है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि इससे संसद में पार्टी को मजबूत नेतृत्व मिलेगा पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुने जाने पर खुशी जाहिर करते हुए उन्हें शुभ कामनाएं दी है डीसी शिमला भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अमित कश्यप ने आज शिमला जिला उपायुक्त का पद भार ग्रहण किया अमित कश्यप ने इससे पहले अनेक महत्वपूर्ण विभागों और सरकारी संस्थानों में सेवाएं प्रदान की हैं अमित कश्यप ने कहा कि पारदर्शी प्रशासन और आम लोगों की समस्याओं का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है

प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए उरनी पंचायत की प्रधान गीता नेगी ने कहा कि इससे दूर दराज क्षेत्र के प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा दिरवाने का बेहतर मौका मिलेगा इस अवसर पर प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेंद्र शांडिल और जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन अध्यक्ष गोपीचंद नेगी भी मौजूद रहे

शास्त्रीय संगीत सोलन में आज से दो दिवसीय शास्त्रीय संगीत सम्मेलन शुरू हुआ गुरू शिष्य व शास्त्रीय संगीत संस्था सोलन द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य उददेश्य गुरू शिष्य परंपरा को बनाए रखना और शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देना है संस्था के अध्यक्ष सीताराम शर्मा ने बताया कि इस दौरान सभी आयु वर्ग के लोगों को शास्त्रीय संगीत में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि आज शास्त्रीय व भजन गायन हारमोनियम और तबला वादन जैसी प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें करीब सौ बच्चों ने भाग लिया